सम्मेलन में केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती मुख्य अतिथि होंगी सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे इस सम्मेलन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खूले में शौच से मुक्त करने के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यो के लिए जिला पंचायतों को सम्मानित किया जायेगा खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यकम में खंडवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जायेगा होशंगाबाद जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिये किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी स्वच्छता मिशन ग्रामीण द्वारा कल सम्मानित किया जायेगा तोमर केन्द्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में विशेष क्षेत्र में विकास प्राधिकारण में तेजी से बसाहट लाने के लिये कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश दिये हैं कल इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि जो जमीन प्राधिकरण के लिये उपयोगी नहीं है उस जमीन को औद्योगिक ईकाईयों को आवंटित किया जाये जिससे अधिक से अधिक निवेश हो सकें सड़क निर्माण राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में ढ़ाई सौ की आबादी तक और सामान्य क्षेत्रों में पांच सौ तक की आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया

ई प्रवेश पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों के प्रवेश पर ही विचार किया जायेगा ग्रीष्मकालीन खेल मुरैना जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है शिविर के अंतर्गत बालक बालिकाओं को एथलेटिक्स कब्बडी हॉकी कृश्ती और कराते खेलों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा

बैतुल आग अपडेट बैतूल जिले के मारमझिरी धाराखोह स्टेशन के बीच सेना की रेलगाड़ी के चार डिब्बे जल गये हैं रेलवे एसपी रूचि मिश्र ने बताया है कि शुरूआती दौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना सामने आया है इस घटना के बाद कई ट्रेनें प्रभावित हुई थी वहीं नागपुर इटारसी द्रेक पर यातायात ठप्प हो गया है

आनंदम शिविर आनंदम विभाग द्वारा अगले जून माह में आयोजित होने वाले शिविरों के लिये ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है

शिविर में भाग लेने के लिये शासकीय सेवकों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा शिविर में शासकीय सेवकों को परिपूर्ण जीवन जीने की विद्या सीखाने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा

मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित यह परीक्षा सभी जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर होगी

मौसम प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है मौसम केन्द्र मोपाल के अनुसार आज प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई

वहीं सीहोर जिले के ग्राम बीजला में आज शाम आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे